चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों से त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में होने वाले मतदान को टाल दिया है

वहीं एक प्रत्याषी के ठिकाने से नकदी रकम मिलने पर तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द किया गया है चुनाव के दौरान धन बल के इस्तेमाल के मद्देनजर आयोग ने यह कदम उठाया है चुनाव बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ताराव ने कल उज्जैन संभाग के अंतर्गत संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए षांतिपूर्ण मतदान की सभी व्यवस्था सुनिष्वित करने के निर्देष दिये हैं

श्री राव ने गैर जमानती वारंट की तामीली में तत्परता बरते जाने पर जोर दिया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्हें चुनावी तैयारियों की जानकारी दी साथ ही उनकी षंकाओं का समाधान किया इससे पहले कल श्री राव ने इंदौर में भी संभाग के अंतर्गत पांच संसदीय सीटों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की थी भाजपा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल सहित राज्य के चार संसदीय क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है पार्टी ने भोपाल से कांग्रेस उम्मीद्वार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्यी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीद्वार बनाया है वहीं गुना से केपी यादव सागर से राजबहादुर सिंह और विदिशा से रमाकांत भार्गव प्रत्याशी होंगे इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाक्र ने कल भोपाल में भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी

अब सिर्फ इंदौर संसदीय क्षेत्र से ही पार्टी के उम्मीदवार का नाम तय होना शेष है

मतदान तैयारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रशिक्षण और मतदाता जागरूकता की गतिविधियां पूरे जोरों पर है खंडवा जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में कल खंडवा बस स्टैण्ड और पिपलौद खास में वीवीपैट मशीन प्रदर्शित की गई आज खंडवा में मत प्रतिशत ऐप संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा ग्वालियर में कल व्यय प्रेक्षक सीएम संपत ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक में आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा श्योपुर जिल में पशुपालक समूहों को मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत वोट डालने के लिए जागरूक किया गया और शपथ दिलाई गई मुरैना जिले में कल जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने स्वीप गतिविधियों के तहत रेलवे स्टेशन पर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया

दो अन्य मृतकों के परिवारों को सहायता देने की प्रकिया पूरी की जा रही है खरगौन जिले के एक मृतक के परिवार का बैंक खाता नहीं होने के कारण कल आर्थिक सहायता भुगतान किया जाएगा वहीं छिंदवाड़ा जिले के एक मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता भुगतान की कार्यवाही भी कल होगी

सहायता राजनीति देशभर में आंधी तूफान से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति और राहत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये बयान पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल कहा कि श्री मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री है न कि सिफ गुजरात के उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी भावनाए गुजरात तक सीमित रखी है मध्यप्रदेश में भर्ल ही भाजपा सरकार नहीं है लेकिन देश की जनता यहां भी रहती है वहीं भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना और ओछी राजनीति बताया है उधर पन्ना पहॅचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनायक सहस्त्रबुद्वे ने भी श्री कमलनाथ के बयान को प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम करने वाला बताया जेट एयरवेज धन की कमी से जूझ रही निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने अस्थायी तौर पर आज से अपनी सभी उड़ानें स्थगित कर दी हैं एक बयान में कंपनी ने कहा है कि ऋण देने वाले किसी भी बैंक या किसी अन्य स्रोत से धन नहीं मिल रहा है इसलिये कंपनी उड़ान जारी रखने के लिए ईंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करने में असमर्थ है

आज आईपीएल डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कल शाम मुरैना में इसकी घोषणा की

जिसमें देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति से जुड़े पारंपरिक नृत्य और संगीत कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जायेगी